पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि इस योजना से लगभग एक हजार द्विव्यांग छात्र छात्राएँ लाभान्वित होंगे

इस योजना में स्पष्ट किया गया है कि लाभार्थी को यह सुविधा एक बार प्रवेश के अवसर पर ही प्रदान की जाएगी आयकर सम्मान आयकर विभाग आज आयकर दिवस पर सौ वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग करदाताओं का सम्मान करेगा विभाग इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है मुख्य समारोह भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित होगा जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शिरकत करेंगी

वहीं विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को आज पुरस्कृत भी किया जायेगा

कार्यक्रम में श्रीमती सिंह ने कहा है कि प्रदेश में किए जा रहे विकास कार्यों का देश के अन्य राज्य भी अनुसरण कर रहे हैं क्रषि का क्षेत्र हो या जनकल्याण के कार्य मध्यप्रदेश में सभी दिशाओं में तेजी से कार्य किया जा रहा है कार्यक्रम में कलेक्टर अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि लोक निर्माण विभाग की विभिन्न सड़कों का विकास पर्व के तहत भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया जा रहा है

इन सड़कों के बन जाने से जिले के विकास में एक नया अध्याय जुड़ेगा कमलनाथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी केन्टोमेंट बोर्ड के चुनाव में कांग्रेस के सात में से छह सदस्यों के जीतने पर बधाई देते हुए कहा है कि यह विजय विधानसभा चुनाव के पूर्व की आहट है श्री कमलनाथ ने कल जारी बयान में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने सहकारिता नगरीय निकायों और फिर मंडियों के चुनाव स्थगित करवाये थे क्योंकि उनको पूर्व से ही अंदेशा था कि इन चुनावों में भाजपा को करारी हार का मुंह देखना पड़ेगा

श्री नाथ ने दावा किया कि मुख्यमंत्री कितनी भी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल लें कितनी भी घोषणाएं कर लें अब जनता उनकी नहीं सुनने वाली है भाजपा का चुनाव हारना निश्चित है जूडा हड़ताल प्रदेश के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में हड़ताल की खबरों के बीच राज्य सरकार ने महाविद्यालयों की स्वशासी समितियों के तहत कार्यरत सभी संवर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित करते हए आगामी तीन माह के लिए सामूहिक अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है राज्य सरकार ने एस्मा के तहत कल एक आदेश जारी कर ये कार्रवाई की

कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों द्वारा पांच जिलों के करीब दौ सौ पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जायेगा पंचायत राज्य संचालक ने बताया कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में पंचायतों का सशक्तिकरण का प्रयास किया है इसी क्रम में यह विशेष कार्यशाला आयोजित की जायेगी कार्यशाला के पहले दिन पंचायतों को करारोपण की प्रक्रिया के तहत अनिवार्य और वैकल्पिक कर लगाने और वसूली की प्रक्रिया की तकनीकी जानकारी और ट्रांजेक्शन की प्रक्रिया बताई जायेगी दूसरे दिन अन्य प्रदेशों के प्रतिनिधि विशेषज्ञों का प्रस्तुतीकरण होगा आयोग संज्ञान मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने कल राजधानी भोपाल के सेफिया कॉलेज रोड पर तेजाब बेचने की दुकानों पर बिना पहचान किसी को भी ऐसिड देने के मामले में संज्ञान लिया है आयोग ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस मामले में आयुक्त भोपाल से जांच और की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन एक माह में मांगा है गौरतलब है कि एसिड अटैक के मामलों के सामने आने के बाद प्रशासन ने इसकी बिक्री को लेकर सख्त नियम बनाये हैं जॉच बैठक भारतीय प्रेस परिषद की जाँच समिति की दो दिवसीय बैठक आज भी भोपाल के पलाश होटल में होगी बैठक की अध्यक्षता जस्टिस चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद करेंगे

सुनवाई की कार्यवाही प्रेस और आम जनता के लिये भी खुली रहेगी उमाशंकर गुप्ता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने विद्यार्थियों से कहा है कि आप सिर्फ परिश्रम करें संसाधन जुटाने का कार्य सरकार करेगी श्री गुप्ता ने शासकीय महाविद्यालयीन अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास भदभदा रोड के प्रवेश उत्सव में यह बात कही इस अवसर पर श्री गुप्ता ने देवास में गरीब परिवार के छात्र के एम्स में एमबीबीएस में चयन का उदाहरण देते हुए कहा कि ज्ञान पर किसी वर्ग विशेष का अधिकार नहीं होता पूरे मन से सही दिशा में परिश्रम करें सफलता जरूर मिलेगी उन्होंने बताया कि हॉस्टल में जगह नहीं मिले तो किराये का मकान लें किराया सरकार भरेगी अच्छी नौकरी के लिये कोचिंग भी करवायी जायेगी

मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में आने वाले तीन दिन तेज़ बारिश की सम्भावना है

विभाग के मुताबिक दक्षिणी झारखण्ड और आसपास के क्षेत्र में दबाव का क्षेत्र बना हुआ है कुछ समय बाद यह पश्चिम उत्तर दिशा में आगे बढ़ कर कमजोर पड़ कर कम दवाब के क्षेत्र में परिवर्तित हो जायेगा इसके प्रभाव से पूर्वी प्रदेश में अधिकतर हिस्सों में वर्षा के साथ कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है पश्चिमी मध्यप्रदेश में वर्षा की गतिविधियां बढ़ेंगी सागर जिले के बीना में लगातार बारिश के कारण रेलवे जंक्शन के ट्रैक में पानी भर जाने से रेल यातायात प्रभावित रहा

रतलाम जिला मुख्यालय में चार घंटे में हुई लगभग चार इंच बारिश से पूरा शहर तरबतर हो गया बुरहानपुर जिले में बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण हथनूर बांध के चार दरवाजे खोलना पड़े हैं वही हमारे शिवपुरी संवाददाता ने बताया है कि जिले में तेज बारिश होने से निचली बस्तियों में पानी भरने से आम जनजीव प्रभावित है राजधानी भोपाल में भी आज सुबह रूक रूक कर बारिश का दौर जारी है

वे यहां दुर्गानगर चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे